वापू से जुड़े प्रसंगो के प्रचार प्रसार पर दिया बल प्रदेश की ग्यारह विधान सभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान हुआ समाप्त कल डाले जायेंगे वोट

आगामी त्यौहारों के मद्देनजर नेपाल सीमा से सटे प्रदेश के देवीपाटन मंडल में कड़े किए गये सुरक्षा बंदोबस्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रचनात्मकता की अपरमित शक्ति राष्ट्र निर्माण में लगाने की अपील की है श्री मोदी ने कल नयी दिल्ली में मनोरंजन और रचना जगत के सदस्यों से महात्मा गांधी की एक सै पचासवीं जयंती को विशिष्ट बनाने के उपायों पर बातचीत की और विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सादगी और सरलता के पर्याय हैं श्री मोदी कहा कि महात्मा गांधी के आदर्शो को लोकप्रिय बनाने में फिल्म और टेलीविजन जगत के लोगों ने काफी उत्कृष्ट कार्य किया है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में चार वीडियो भी जारी किए कार्यक्रम में आमिर खान शाहरूख खान राजकुमार हिरानी अनुराग वसु और कंगना रनावत जैसी जानी मानी फिल्मी हस्तियां मौजूद थी प्रधानमंत्री ने उपस्थित लोगों से अधिक से अधिक पर्यटकों को भारत आने को सुनिश्चित करने पर विचार करने को कहा उन्होंने फिल्म बिरादरी से दाण्डी संग्रहालय स्टैच्यू आफ यूनिटी देखनों को भी कहा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वर्ष दो हजार बाईस में आजादी की पचहत्तरवीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है उन्होंने फिल्म और रचना जगत से अट्ठारह सौ सत्तावन से लेकर उन्नीस सौ सैंतालिस तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरक उल्लेख और उन्नीस सौ सैंतालिस से दो हजार बाईस तक के विकास गाथा को आगामी कृतियों में शामिल करने को कहा

इन सीटों के लिए सोमवार यानी इक्कीस अक्टूबर को मतदान कराया जायेगा और मतगणना चौबीस अक्टूबर को होगी विवान सभा उपुचनाव की ग्यारह सीटों के लिए एक सौ दस प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं प्रदेश में जिन सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है उनमें लखनऊ कैन्ट सहारनपुर की गंगोह रामपुर अलीगढ़ की इग्लास कानपुर की गोविन्दनगर चित्रकूट की मानिकपुर प्रतापगढ़ बाराबंकी की जैदपुर अम्बेडकरनगर की जलालपुर बहराइच की बलहा और मऊ की घोसी सीट शामिल है इनमें से रामपुर और जलालपुर विधान सभा सीट को छोड़कर अन्य सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं प्रदेश में जिन ग्यारह सीटों पर उपचुनाव कराये जा रहे हैं उन जिलों में निय्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं मतदान केन्द्रों पर ई वी एम के साथ पोलिंग पार्टियां पहुंच रही हैं मतदान केन्द्रों पर पुलिस के अलावा अर्द्वसैनिक बल तैनात किये गये हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से जो राजनीतिक कार्यकर्ता विघानसभा क्षेत्रों के वोटर नहीं है उन्हें तत्काल क्षेत्र छोडने के पहले ही आदेश दे दिए गए हैं स्वतंत्र निय्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं क्षेत्र में शराब की दुकानों को कल मतदान समाप्त होने तक के लिए पहले की बंद कर दिया गया है जिन सीटों के लिए चुनाव हो रहा है वह है लखनऊ केंट जलालपुर गंगोह घोसी प्रतापगढ़ बल्हा गोविंद नगर मानिकपुर रामपुर जैदपुर और ईग्लास

एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुजरात एटीएस द्वारा तीन लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही हिन्दू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या का मामला सुलझाने का दावा किया है राज्य के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कल लखनऊ में एक प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि कमलेश तिवारी की हत्या प्रथम दृष्टया कदृरपथियों द्वारा की गयी लगती है हालांकि किसी आतंकवादी गुट के साथ इसके संबंध की पुष्टि अमी नहीं हो पाई है उन्होंने कहा कि हत्या में पांच लोग शामिल थे तीन षडयंत्रकारियों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है जबकि हत्या को अंजाम देने वाले दो अन्य लोगों की तलाश जारी है गिरफ्तार किये गये तीन युवकों की पहचान कर ली गयी है इनमें से एक मौलाना शेख सलीम कपड़े की दुकान पर दूसरा फैजान जूते की दुकान पर काम करता है जबकि तीसरा युवक राशिद अहमद दर्जी है गुजरात पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के आपसी समन्वय वहुत ही स्ट्रांग कॉर्डिनेशन रहा और दोनों की संयुक्त टीम ने तीन व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और उनसे बहुत ही सघन पूछताछ की जा रही है दो मुख्य अभियुक्त और भी हैं जो लखनऊ की इस घटना को कारित करने में सम्मिलित रहे हैं उनके बारे में उत्तर प्रदेश पूलिस पूरी जानकारी इक्टा कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के पूरे प्रयास की जा रही है पुलिस महानिदेशक ने बताया कि कमलेश तिवारी के परिजनों द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में प्रदेश के बिजनौर जिले के दो मौलानाओं के नाम शामिल है तथा उन्हें भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है गौरतलब है कि राजधानी लखनऊ के नाका हिण्डोला इलाके में हिन्दू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गयी थी प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने डेंगू और अन्य वेक्टरजनित बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये हैं मुख्य सचिव ने शिक्षा नगर विकास स्वास्थ्य एवं पंचायती राज विभाग को भेजे गये अपने परिपत्र में आदेशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए कहा है उन्होंने बीमारियां फैलाने वाले मच्छरों एवं अन्य कारणों को नगण्य करने के लिए लोगों को जागरूक करने के भी निर्देश दिये उन्होंने सफाई एवं कूज़ निस्तारण के लिए उपयुक्त कार्ययोजना बनाकर उस पर कड़ाई से अमल करने के लिए कहा है

उन्होंने कहा कि खेलों का आज तेजी से व्यावसायीकरण हो रहा है जिससे इस क्षेत्र में नौकरियों के ढेर सारे अवसर उपलब्ध हैं

उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में खिलाडियों के लिए दो प्रतिशत आरक्षण है जिसका लाभ खिलाडी आसानी से नौकरी पाने के लिए उठा सकते हैं श्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अमियान का जिक्र करते हए कहा कि उनकी सरकार गांव गांव में खेलों को बढावा दे रही है ताकि देश का हर नागरिक स्वस्थ हो और एक शक्तिशाली देश का निर्माण किया जा सके आगामी त्यौहारों के मददेनजर नेपाल सीमा से सटे प्रदेश के देवीपाटन मंडल में सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिये गये हैं

इसके अलावा सीमावर्ती जिलों में फैले जंगलों दूर्गम मार्गों सड़क व अन्य गैर परम्परागत रास्तों पर खुफिया सी सी टी वी कैमरों एवं अन्य संसाधनों से सीमा पर आने जाने वाले पुरुषों और महिलाओं की सघन तलाशी ली जा रही है साथ ही मंडल के सभी चार जिलों गोंडा बलरामपुर बहराइच और श्रावस्ती में पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं रेलवे स्टेशनों बस अड्डों सार्वजनिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त बढ़ा दी है अयोध्या में इस बार प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किये जाने वाले दीपोत्सव में श्रीलंका इंडोनेशिया फिलीपीन्स और नेपाल की भी भागीदारी होगी मृख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छब्बीस अक्टबर को इस दीपोत्सव का श्भारम्भ करेंगे इस अवसर पर पँच लाख इक्यावन हजार दीप प्रज्ज्वलित किये जायेंगे इसके साथ ही रामलीलाओं का मंचन तथा भगवान राम के जीवन के विमिन्न प्रसंगों पर आघारित एक शोभा यात्रा भी निकाली जायेगी इस समारोह में विभिन्न देशों के चित्रकारों द्वारा बनाये गये चित्रों की प्रदर्शनी भी लगायी जायेगी

संगोष्ठी में परिवार नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किये जा रहे प्रयासों और भावी रणनीति पर विशेष रूप से चर्चा की गयी इस अवसर पर परिवार नियोजन के क्षेत्र में निस्वार्थ काम करने वाले कम्युनिटी चैम्पियन्स के कार्यो को दर्शाती हुई एक कॉफी टेबल ब्क इकोस ऑफ चेंज का विमोचन किया गया